शिमला में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि परियोजना के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर निविदाओं में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी मुख्यमंत्री ने विभाग के कुछ कार्यो में ग्णवत्ता में कमी पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की ग्णवत्ता का आकलन करने के बिना अदायगी नहीं की जाए

उन्होंने कहा कि इसी तरह हरियाणा और पंजाब के लोग भी इन राज्यों में फंसे हुए हैं जयराम ठाक्र ने कहा कि उत्तरी पूर्वी राज्यों से हिमाचल तक सड़क मार्ग से पहुंचना संभव नहीं है ऐसे में पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को इन राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए सामूहिक रेल चलाने के लिए संयुक्त प्रयास करने चाहिए

कांगड़ा जिले से सबसे अधिक छह जबकि ऊना व कुल्लू जिलों से एक एक मामले की पुष्टि हुई है धर्मशाला से हमारे जिला संवाददता संदीप कुमार ने बताया कि एक मामला कल रात और पांच मामलों की पुष्टि आज सुबह की गई है इनमें एक लम्बागांव तीन झयोल और एक व्यक्ति ज्वालामुखी जबकि डम्टाल स्थित क्वारंटाइन सेंटर से एक चुवाड़ी का युवक शामिल है कुल्लू से जिला संवाददाता आशीष शर्मा ने बताया है कि आनी क्षेत्र के एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है इसी तरह ऊना से जिला संवाददाता राजेश शर्मा के मुताबिक कोटला खूर्द गांव से भी एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है

इससे पहले सरकार ने आत्मिनिर्भर भारत पैकेज के तहत अंशदान की राशि में कटौती की घोषणा की थी केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में कहा है कि यह अधिसूचना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है प्रदेश में आज से सभी जिलों में आठ घंटे की होगी कर्फ्यू ढील दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल में एक घंटा बढ़ी कर्फ्यू में छूट केन्द्रीय गृहमंत्रालय की गाइडलाइन पर प्रदेश सरकार ने दी राहत हिमाचल दस्तक के शब्द हैं कर्फ्यू में छूट और बढ़ी

आपका फैसला ने लिखा है बाहर फंसे हिमाचलियों के कल्याण के लिये सरकार प्रतिबद्ध चिटिठयों पर सवार बसेंमज़द्र बेबस शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है दिन रात चला चिट्ठियों का दौर पर यूपी सीमा से आगे नहीं बढ़ीं बसें

सैनेटाइजर खरीद मामले पर पंजाब केसरी के शब्द हैं विजीलेंस की टीम जाएगी बद्दी फर्म से जुटाए जाएंगे तथ्य दैनिक भास्कर की एक खबर है मार्च से टूरिस्ट नहीं आए तो एचपीटीडीसी स्टाफ को नहीं मिली अप्रैल की सैलरी हिमाचल प्रदेश में महंगी हो सकती है बिजली कोराना की मार अब आम आदमी की जेब पर पड़ने के आसार पंजाब केसरी की एक खबर है

प्रदेश में एक दिन में सात लोगों ने जीती महामारी के खिलाफ जंग हिमाचल दस्तक की खबर है